लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है वहीं राज्यसभा के सभापित एम वेंकैया नायडु ने कल संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों की बैठक बुलाई है

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने बताया कि राज्य के आपदा प्रबंधन तथा सहायता विभाग ने इन गांवों में नरेगा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की थी जिसके बाद यह निर्णय किया गया है इन जिलों में बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर जालोर जोधपुर हनुमानगढ़ पाली चूरू नागौर और श्रीगंगानगर शामिल हैं

यह पहला मौका है जब प्रदेष के किसी उपखंड स्तर पर पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरूआत हुई है

वे आज नई दिल्ली में भारतीय डाक भुगतान बैंक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे डाक भुगतान बैंक को क्रांतिकारी बैंकिंग प्रणाली बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को बैंक के जरिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए

इस महीने की शुरूआत से प्रदेष के विभिन्न जिलों में रोज कई लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हो रही है

इस बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का तीन सदस्यीय एक दल जोधपुर पहुंच गया है

आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रदेशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी और शहीद जवानों को श्रद्धाजंलि अर्पित की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सचिवालय में बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस दिन से हमे प्रेरणा लेनी चाहिये उन्होंने कहा कि बापू ने हमें सत्य अहिंसा अपरिग्रह और समरसता का पाठ पढाया उन्होंने प्रदेशवासियों का आहवान किया कि वे महात्मा गांधी की शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर प्रदेश में अमन चैन खुशहाली और भाईचारे का वातावरण बनाएं प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये राष्ट्रपिता और शहीद जवानों को श्रद्वाजलि दी गई डूंगरपुर में इस मौके पर विचार गोष्ठी रखी गई पाली ब्रूंदी भरतपुर बांसवाड़ा में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई और शहीदों की स्मृति में मौन रखा गया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह मोटर रैली महात्मा गांधी से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी और बंगलादेश की राजधानी ढाका होते हुए म्यांमार के यंगून में समाप्त होगी मंत्रालय की जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह मोटर रैली राजघाट से चार फरवरी को आरंभ होगी उस दिन से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाएगा यह रैली साबरमती पोरबंद डांडी यरवदा सेवा ग्राम जबलपुर लखनऊ गोरखपुर चोरीचौरा और चंपारण शांतिनिकेतन होते हुए ढाका जाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि न्यूनतम आय देने संबंधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बात पर यदि सरकारें प्रयास करें तो देष में कांति आ जायेगी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अन्य राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए

यह जानकारी आज जयपुर में एक बैठक में दी गई

धूप खिलने और शीतलहर का असर कम होने से लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिली है

इस मामले से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है